आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं फाई ट्रीलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है इसकी एक दिशा बजट में हमनें दिखाई है और उससे जुड़ फैसलों का ऐलान किया गया है और देश को ये भी विश्वास दिया गया है कि पांच साल एक सरकार एक कन्टीन्यूटी में है ये भी विश्वास दिया है कि आने वाले दस साल के विजन के साथ मैदान में उतरे हैं प्रधानमत्री ने कहा कि भारतीयों की क्षमता पर संदेह करने वाले कछ लोगों ने कहा था कि यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा से निराशावादी रहे हैं

संघीय बजट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया भारत बनाने के बिल्कुल करीब हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव स्थित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केन्द्र में आज एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रेरणा कृंज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर उनके सपनों को हम पूरा कर सके इस आशा के साथ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बाबरपुर हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया

वाराणसी के हराजा में आनंद कानन उपवन की नदन्नह वाटिका में पीपल का पौधा लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में वृक्षा रोपण अभियान की भी शुरआत की

सुशीलचंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी

वे जाने माने भारतीय राजनेता बैरिस्टर आर शिक्षाविद् थे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया

इस अवसर पर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से भाजपा को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की उन्होंने कहा कि भाजपा हर गरीब और जाति वर्ग की पार्टी है और सरकार जनता के साथ कदम से कदम भिलाकर खड़ी हुई है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भाजपा के एक करोड़ अस्सी लाख सदस्य हैं उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी सदस्य संख्या में कम से कम बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा है

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अमेठी के विकास कार्यो में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया स्मृति ईरानी ने जिले के सलोन विधान सभा क्षेत्र के कॉटा गाँव में दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर जनसमस्यायें सुनी और उनके तत्काल निराकरण कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये इस दौरान उन्होंने पौधरोपण भी किया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

मरने वालों में पाँच शिक्षक भी शामिल हैं जो अपने अपने स्कूल की ओर डयूटी पर जा रहे थे

बेला मार्ग पर पहुंचते ही तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में पीछे से टक्कर मार दी इस भीषण टक्कर में टेम्पों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में हुई इस सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिये हैं

राजधानी लखनऊ सहित झांसी बरेली हमीरपुर औरई इटावा कानपुर आगरा बांदा और लखीमपुर खीरी में आंधी के साथ सामान्य से तेज बारिश हुई वहीं कई जगहों पर वर्षा जनित हादसों में पन्द्रह लोगों की जान चली गयी सबसे ज्यादा दस मौते आकाशीय बिजली के गिरने से हुई और विवरण हमारे संवाददाता सेबाइट प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ दर्षा से तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे आ गया है जिससे लोगों को भीषण गर्मी की तपिश से कुछ राहत मिली है वहीं कई जगहों पर तेज वर्षा और हवाओं के चलते कच्चे मकानों के छतिग्रस्त होने और पेड़ों के टूटने से भारी नुकसान भी हुआ है खेतों को पानी मिल जाने से किसान काफी खुश हैं और कृषि कार्यो में तेजी आ गयी है विशेषकर धान की रोपाई का काम जोरो पर है मौसम विभाग ने प्रदेश के काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की संभवना जताई है साथ ही प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव

भारत अमरीका सामरिक और भागीदारी फोरम के अध्यक्ष मुकेश आघी ने कहा है कि यह बजट सबको साथ लेकर चलने वाला है बजट में घोषित नीतिगत फैसले अमरीकी कंपनियों के लिए उत्साहवर्धक है उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह ऐपल जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है बजट में सकारात्मक ढांचागत बदलाव करने की कोशिश की गई है अमरीका भारत व्यापार परिषद की अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है

करगिल के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस गीत की रचना हिंदी के जाने माने गीतकार समीर अंजान ने की है और शताद्रु कबीर ने इस गीत को अपना स्वर दिया है